श्री कुमार ने कहा चार लाख से अधिक लोगों को दिये जायेंगे टीके

आगे की रणनीति पर होगा गहन विचार विमर्श कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी किये

शाम सात बजे बंद हो जायेंगी द्कानें

पटना से सबसे अधिक छह सौ इकसठ मामलों की पुष्टि कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल से शुरू हो रहे टीका उत्सव के दौरान अधिक से अधिक संख्या में लोगों से कोविड टीका लगवाने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि इसके तहत चार लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है यह विशेष टीकाकरण अभियान चौदह अप्रैल तक चलेगा श्री कुमार पटना में कोविड को लेकर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

श्री कुमार ने कहा कि टीका लेने के बाद कोविड का खतरा कम होगा

महाराष्ट्र समेत अन्य कोविड प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग हो रही है और जो भी पॉजिटिव पाये जा रहे हैं उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जा रहा है

चार दिनों के बाद कोविड की स्थिति की समीक्षा के उपरांत ही कोई फैसला किया जायेगा राज्य सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए नये दिशा निर्देशों की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में जानकारियां दी उन्होंने बताया कि राज्य में अब स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान अठारह अप्रैल तक बंद रहेंगे हालांकि इस अवधि में पहले से निर्धारित परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जायेंगी तीस अप्रैल तक दुकानों को शाम सात बजे तक ही खुले रखने की अनुमति दी गयी है मंदिर मस्जिद गुरूद्वारा और गिरिजाघर समेत सभी धार्मिक स्थलों पर तीस अप्रैल तक आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है श्री अमृत ने बताया कि सरकारी और निजी कार्यालय तैंतीस प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही संचालित होंगे हालांकि अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कार्यालय पूरी क्षमता के साथ चलेंगे कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा

अंतिम संस्कार के लिए पचास तथा श्राद्ध और शादी विवाह में दो सौ व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है श्री अमृत ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में निर्धारित क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी वहीं रेस्तरां भोजनालय और होटल अपनी क्षमता के केवल पच्चीस प्रतिशत ग्राहकों को ही सेवा देंगे इसी तरह सिनेमा हॉल भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित किये जायेंगे पार्क और उद्यानों में प्रवेश के लिए मास्क का उपयोग और कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों में रिकार्ड दो हजार एक सौ चौहत्तर नये मामले सामने आये हैं इनमें से पचास प्रतिशत मामले पटना गया मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले से हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना से सबसे अधिक छह सौ इकसठ मामलों की पुष्टि हुई है वहीं गया से एक सौ इक्यानवे भागलपुर से एक सौ तिरसठ और मुजफ्फरपुर से एक सौ छह मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी कोविड के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर नौ हजार तीन सौ सतावन हो गयी है इसमें पटना से तीन हजार आठ सौ छत्तीस मामले हैं वहीं कल तीन मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ अंठावने हो गया है इसी अवधि में तीन सौ अठारह मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव दो तीन प्रतिशत है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कोविड के बढ़ते मामलों के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और युवाओं से कम से कम बाहर निकलने की अपील की है

अब तक प्रदेश में चौवालीस लाख पच्चीस हजार तैंतालीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इनमें से अड़तीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ दो लोगों को टीके की पहली डोज जबकि पांच लाख अड़तालीस हजार नौ सौ इकतालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है यात्रियों की सुविधा के लिए मुम्बई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों से बिहार के लिए तीस और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये ट्रेनें विभिन्न तिथियों को पटना दानापुर दरभंगा बरौनी और सहरसा समेत अन्य स्टेशनों पर पहुंचेगी प्रदेश के नियोजित शिक्षकों का जून महीने से तबादला होगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और जल्द ही शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे उन्होंने बताया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी

आवेदन की प्रक्रिया ग्यारह अप्रैल से शुरू होगी

पंचायती राज विभाग ने पश्चिम चंपारण के जिला परिषद अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार गढ़वाल को पद से हटा दिया है साथ ही उनके अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने और विकास कार्यों में रूचि नहीं लेने के आरोप में ये कार्रवाई की गयी है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने कम दवाब के क्षेत्र के कारण मौसम के रूख में बदलाव हुआ है

कटिहार जिले में पिछले दिनों राजद नेता निर्मल बुबना की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय मंडल को गिरफ्तार कर लिया है

नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत हदसा गांव स्थित सिगरेट फैक्ट्री से पुलिस ने लगभग एक करोड़ रूपये मूल्य का नकली सिगरेट बरामद किया है पुलिस ने बताया कि मौके से मैनेजर रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक मालवाहक वाहन से बारह लाख रूपये मूल्य का गांजा बरामद किया है मौके से चालक और उपचालक की गिरफ्तारी हुई है मधेपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बाइपास रोड स्थित एक माइक्रो फायनांस कम्पनी से अपराधियों ने लगभग सात लाख रूपये लूट लिये वहीं पश्चिम चंपारण जिले के नौतन में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यवसायी से तीन लाख साठ हजार रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्द्रस्तान ने लिखा है राज्य में दुकानें शाम सात बजे तक खुलेंगी प्रभात खबर ने लिखा है अठारह तक स्कूल कॉलेज और कोचिंग बंद दैनिक जागरण लिखता है कोरोना पर आगे की रणनीति बनाने के लिए होगी सर्वदलीय बैठक दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का पीक पीछे छूटा शुक्रवार को रिकार्ड एक लाख छियालीस हजार चार सौ सड़सठ नये केस आज ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा के हवाले से लिखा है ट्रेनों पर पाबंदी लगाने की योजना नहीं

श्री कुमार ने कहा चार लाख से अधिक लोगों को दिये जायेंगे टीके

आगे की रणनीति पर होगा गहन विचार विमर्श कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी किये

शाम सात बजे बंद हो जायेंगी द्कानें

पटना से सबसे अधिक छह सौ इकसठ मामलों की पुष्टि